मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईस्ट कामेंग जिले के सिजोसा में तीन दिवसीय चौथे पाके उत्सव के समापन समारोह में यह घोषणा की पाके पागा प्रकृति के संरक्षण पर आधारित राज्य का एकमात्र त्योहार है यह अनूठा उत्सव है जिसमें प्रकृति संरक्षण के लिए न्यीशी समुदाय की जिम्मेदारी की भावना और सराहनीय प्रयास का समारोह किया जाता है इस साल के उत्सव का विषय था प्रकृति का गुणगान इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस उत्सव ने प्रकृति संरक्षण की दिशा में जागरुकता फैलाने में मदद की है उन्होंने ऐसे सुंदर त्योहार को सांने लाने के लिए स्थानीय न्यीशी समुदाय की पहल की सराहना की श्री खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की है उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश ने मौजूदा वर्ष में उभरते हुए सर्वश्रेष्ठ उभरते गंतव्य का पुरस्कार फिर हासिल किया है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने रविवार को वेस्ट सियांग जिला आलो में जिला प्रमुखों से मुलाकात कर लक्ष्य निर्धारित करने और परिणाम लाने की सलाह दी उन्होंने कहा कि जिला और राज्य प्रगति विकास और आगे बढ़ेंगे जब सभी सरकारी अधिकारी अपने व्यवहार में पारदर्शी ईमानदार और जवाबदेह होंगे राज्यपाल ने अधिकारियों से युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से उद्यमिता शुरु करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने को कहा इससे पहले वेस्ट सियांग जिला उपायुक्त स्वेतिका सचान पुलिस अधीक्षक जुमार बसर और विभाग प्रमुखों ने राज्यपाल को जिले के विकास संबंधी मुद्दों के बारे में जानकारी दी उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिवीटी के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ है उन्होंने कहा कि असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में पुलों के उद्घाटन से सड़क परिवहन सूगम पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा और औद्योगिक निवेश में वृद्धि हुई है श्री मैन ने कहा कि यह पुल पूर्वोत्तर क्षेत्र के परिवर्तन और आर्थिक विकास के लिए एक वरदान साबित हो रहा है और ढोला सादिया और बोगीबिल पुल के खुलने से राज्य के लोगों को काफी लाभ हुई है सुनपारा के गायत्री शक्तिपीठ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख डॉ प्रणव पंड्या और कृषि मंत्री डॉ मोहेश चाई भी उपस्थित थे न्यीशी एलाईट सोसायटी द्वारा चुनावी दूरभावनाओं को समाप्त करने के लिए पिछले दिनो ईस्ट कामेंग जिला मुख्यालय सेप्पा में स्वच्छ चुनाव अभियान शुरु किया गया यह पहल राज्य में पंचायत नगरपालिका विधान सभा और संसदीय चुनावों में धन का इस्तेमाल करने और रोजगार का आश्वासन देने की अनैतिक प्रथाओं पर अंकूश लगाने के लिए किया गया सोसायटी ने कहा है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विधान सभा और संसदीय चुनाव बड़ी मायने रखती और नागरिकों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए विजयनगर क्षेत्र के ग्यारह गांवों के स्थानीय लोगों ने वायुसेना के अधिकारियों को विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउण्ड की मरम्मत कार्य में मदद करने की बात कही है राज्य के देहाती क्षेत्र में स्थित विजयनगर किसी भी मोटर योग्य सड़क से जुड़ा नहीं है यह एडवांस लैंडिंग ग्राउण्ड दो हजार सोलह के बाद से किसी भी फिस्क विंग एयर क्राफ्ट के संचालन के लिए फिट नहीं हैं भारतीय वायु सेना ने इसे चालू करने और मरम्मत के लिए एक परियोजना शुरु की है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अगले वर्ष सभी स्कूलों में खेलों को अनिवार्य विषय बनाया जायेगा और प्रतिदिन एक घंटा खेलों के लिए निर्धारित होगा वह प्रणे में युवा खेल प्रतियोगिता खेलों इंडिया के समापन समारोह में बोल रहे थे

वही अरुणाचल प्रदेश छह स्वर्ण और आठ कास्य पदको के साथ सत्ताईसवें स्थान पर रहा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 आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया